चौबीस जनवरी से हल्की ब्रंदाबांदी की सम्भावना

केन्द्र सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था एक फरवरी से लागू हो जायेगी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है जारी आदेश के अनुसार सालाना आठ लाख रूपये से कम आय वाले परिवारों के अभ्यर्थियों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा इसके अलावा लाभार्थी के परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि और एक हजार वर्गफुट से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए अधिसूचित नगर निगमों के लिए आवासीय परिसर की सीमा एक सौ वर्ग गज और गैर अधिसूचित निकायों के लिए दो सौ वर्ग गज निर्धारित की गयी है विभाग के प्रमुख सचिव ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी ने बताया कि अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए आय और सम्पत्ति से जुड़ा प्रमाण पत्र लेना होगा यह तहसीलदार या इससे उच्च पद पर पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा श्री त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय अलग से आदेश जारी करेगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रदेश में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था जल्द ही लागू की जायेगी

उन्होंने कहा कि जो दल इस आरक्षण व्यवस्था का विरोध कर रहे है उन्हें हर चुनाव में इसका जवाब देना होगा वहीं जमुई में पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं लेकिन यदि पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व उन्हें चुनाव लड़ने को कहेगा तो वे पीछे भी नहीं हटेंगे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले गया हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाई जायेगी गया में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोलकाता बेंगलुरू और चेन्नई सहित देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों से गया को जोड़ने के लिए विमानों की सेवा उपलब्ध करायी जायेगी श्री सिन्हा ने कहा कि दिल्ली के लिए भी उड़ानों की संख्या बढ़ेगी दरभंगा के जाने माने चिकित्सक मनोज कुमार के नर्सिंग होम पर हुई छापेमारी के दौरान दस करोड़ रूपये की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है विभागीय सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर मनोज कुमार आय को काफी कम कर के आयकर रिटर्न दाखिल करते रहे हैं इसके अलावा जमीन की खरीद में भी गड़बड़ियों का मामला उजागर हुआ है सारण जिले के नयागांव थाना क्षेत्र के सिताबगंज बाजार के पास अपराधियों ने एक चीनी व्यवसायी से पन्द्रह लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि व्यवसायी अपने ग्राहकों से रूपये वसूलने के बाद मोटरसाइकिल से लौट रहा था तभी सिताबगंज बाजार के पास तीन मोटरसाइकिल पर सवार छह अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया वहीं जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव में अपराधियों ने एक दूध संग्रह कोन्द्र के संचालक से एक लाख तीस हजार रूपये लूट लिये और उसे चाकू मारकर घायल कर दिया पूर्वी चम्पारण जिले के कौड़िया पंचायत की मुखिया के घर अपराधियों ने धावा बोलकर दो लोगों की गोलीमार कर हत्या कर दी मृतकों में मुखिया के एक रिश्तेदार और एक मजदूर शामिल हैं एसपी उपेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि अपराधियों ने पर्चा छोड़कर सत्तर लाख रूपये रंगदारी की मांग की है उन्होंने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है भारत के पन्द्रह साल से कम और पैंसठ साल से अधिक उम्र के नागरिक नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे गृह मंत्रालय के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों की यात्रा के लिए इन दोनों वर्गों के अलावा अन्य आयु वर्ग के लोगों द्वारा आधार कार्ड के उपयोग रोक रहेगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश के छोटे किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए निःशुल्क सामूहिक नल कूप उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने बताया कि इस योजना को मंजूरी मिल गयी है इसके लिए किसानों को पांच हेक्टेयर तक का समूह गठित करना होगा प्रदेश के बाढ़ और सूखा प्रभावित चौबीस जिलों में वाटर ग्रिड के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जायेगी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने योजना पर काम शुरू कर दिया है अधिकारियों ने बताया कि जिलों की पहचान कर ली गयी है और कैबिनेट से मंजूरी के बाद जल्द ही योजना को धरातल पर उतारा जायेगा परिवहन विभाग प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्लीपर बसों का परिचालन करेगा इस संबंध में विभागीय प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंजूरी दे दी है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाये रहेंगे मौसम विभाग के अनुसार चौबीस जनवरी से राज्य के पश्चिमी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की ब्रंदाबांदी होगी मौसम में इस बदलाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है अभी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है पश्चिम चम्पारण जिले के बेतिया स्थित वाल्मिकी नगर टाईगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर चालीस हो गयी है पिछले नौ सालों के दौरान बाघों की संख्या में आठ गुना बढ़ोतरी दर्ज की गयी है वर्ष दो हजार दस के सर्वे में यहां मात्र आठ बाघ थे वन विभाग ने बाघों की गिनती के लिए टाईगर रिजर्व में तीन सौ कैमरे लगाये थे पुणे में सम्पन्न दूसरे खेलो इंडिया प्रतियोगिता में बिहार पांच पदक जीतकर पदक तालिका में अठाईसवें स्थान पर रहा राज्य के खिलाड़ियों ने एक रजत और चार कांस्य पदक जीते प्रतियोगिता के पहले संस्करण में राज्य के खिलाड़ियों को कोई पदक नहीं मिला था इस बार दो सौ अठाईस पदकों के साथ महाराष्ट्र पहले एक सौ अठहत्तर पदक के साथ हरियाणा दूसरे और एक सौ छत्तीस पदकों के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा प्रदेश के सभी सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है ऑनलाईन आवेदन के लिए लिंक नालंदा खूला विश्वविद्यालय की वेबसाईट नालंदा ओपेन यूनिवर्सिटी डॉट कॉम पर उपलब्ध होगा आवेदन की अंतिम तिथि बीस फरवरी निर्धारित की गयी है प्रवेश परीक्षा दस मार्च को होगी पटना के दीघा में सरकारी जमीन के अधिग्रहण के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा उपद्रव के मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर शराब कांड में पुलिस ने शराब माफिया रामनाथ राय को गिरफ्तार किया है उस पर निलंबित थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ के साथ मिलकर थाना परिसर से शराब का कारोबार करने का आरोप है वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के अरनिया गांव से पुलिस ने डाक विभाग की एक गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद की है मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है मधुबनी बालिका गृह में रह रही सात लड़कियों को मोकामा स्थित आश्रय गृह भेजा गया है ये लड़कियां मुजफ्फरपुर स्थित ब्रजेश ठाकुर द्वारा संचालित आश्रय गृह की हैं बेगूसराय जिले के केलाबाड़ी गांव के पास से पुलिस ने राहगीरों से अवैध वसूली करने के आरोप में आठ लड़कियों से गिरफ्तार किया है प्रलिस ने बताया कि ये सभी गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां जनता दल यूनाईटेड के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पटना में हुई बैठक से जुड़ी खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है जदयू फरवरी के अंत तक लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगा प्रभात खबर लिखता है नागरिकता विधेयक और तीन तलाक का विरोध करेगा जदयू दैनिक जागरण की सुर्खी है सीबीआई को मिल सकता है इस हफ्ते नया मुखिया दैनिक भास्कर ने लिखा है जीएसटी का छह माह तक रिटर्न नहीं भरा तो ई वे बिल पर रोक लगेगी राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है भ्रष्टाचार और नामदारों का है महागठबंधन आज ने वैश्विक सलाहकार कम्पनी पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को प्रमुखता देते हुये लिखा है भारत जल्द बनेगा पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

चौबीस जनवरी से हल्की बूंदाबांदी की सम्भावना